बीस उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए आज दिरांग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सेरिंग ग्यूरमे और निर्दलीय उम्मीदवार गोम्बो सेरिंग गोनपापा के नामांकन वापस लेने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फूरपा सेरिंग का निर्विरोध चुना जाना तय है इससे पहले आलो और याचुली विधानसभा क्षेत्र से भी भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए है शेष सत्तावन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए भाजपा के सत्तावन कांग्रेस के सैतालीस पीपीए के नौ एन पी पी के तीस जेडीएस के तेरह जेडीयू के सत्रह उम्मीदवार है राज्य विधानसभा के लिए कुल दस महिलाएं चुनाव लड़ रही है राज्यभर में दो हजार दो सौ मतदान केंद्र बनाए गए है लोक सभा चुनाव को देखते हुए असम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्चस्तरीय बैठक हुई रक्षा मंत्रलय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बैठक संचालन समूह ने ऊपरी असम में आयोजित की थी और इसमें सेना केंद्रीय सशस्त्र बल और तीनों राज्यों के प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में बिना किसी अप्रिय घटना के स्वतंत्र की दृष्ठि से संवेदनशील मुद्दों तथा क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई बैठक में स्पियर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर के प्रभारी संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग जनरल ऑफीसर कमांडिंग मेजर जनरल राजेंद्र सचदेव असम के अपर पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह तथा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सागर प्रीत हुड्डा ने भाग लिया वरिष्ट कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी वर्ष दो हजार चौदह की तुलना में इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री तुकी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार की असफलता को उजागर करेगी गौरतलब है कि अरुणाचल वेस्ट से नाबम तुकी के अलावा सात उम्मीदवार मैदान में है श्री तुकी सागाली विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के दोमिनिक तादर और एन पी पी के तार्ह हारी के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है इधर भाजपा नेता और अरुणाचल वेस्ट से उम्मीदवार किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को नई ऊँचाईयों पर ले जाना उनकी प्राथमिकता है ईटानगर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री रिजिज्ञ ने कहा कि पिछले कई वर्षो से वह राज्य के लोगों के संपर्क में और जनता उनके योगदान को परिचित है उन्होंने कहा कि इस बार पहले की चूनाव की तरह बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरुरत नही है और लोग स्वयं उनके लिए प्रचार कर रहे है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कालिंग तायेंग ने मतदाताओं से ग्यारह अप्रैल को लोक सभा और विधानसभा के लिए मतदान से पहले अपना नाम मतदाता सूची से जांच करने की अपील की है उन्होंने बताया है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है वे भी ड्राईविंग लाईसेंस पैनकार्ड आधार कार्ड या सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र से मतदान कर सकते है श्री तायेंग ने बताया कि मतदान का समय सुबह सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक होगा

नशा के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला संगठन वीमेन अगेंस्ट सोसल एविल्स ने अनोखी पहल करते हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलो के उम्मीदवारों से चुनाव जीतने के बाद नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदम की जानकारी दी इस संगठन की प्रतिनिधियों ने बताया कि ईस्ट सियांग जिले में नशे की लत के चलते बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही है उन्होंने समाज में शांति और खुशहाली के लिए जनप्रतिनिधियों से नशा उनमूलन कार्यक्रमो को कारगर तरीके से लागू करने और युवाओं को रचनात्मक कार्यो में लगाने का आह्वान किया है